पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को उच्चतम न्यायालय में शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रयत्नशील है भाजपा

भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्तओं से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है कल नई दिल्ली में पार्टी के दो दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार के विकास कार्यक्रमों को मतदाताओं के पास लेकर जाएं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं श्री शाह ने विफ्वी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन को मृगमरीचिका करार दिया और कहा कि केन्द्र में भाजपा के वापस आने में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास है गठबंधन गठबंधन गठबंधन क्या है गठबंधन मैं आपको बताना चाहता हूं ये गठबंधन ढकोसला है कुछ नहीं

राममंदिर के बारे में अमित शाह ने कहा कि भाजपा ऐसे प्रयास कर रही है जिससे उच्चतम न्यायालय में मामला जल्द से जल्द निपट जाए दो हजार चौदह के चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमने रामजन्म भूमि के लिए एक वादा किया भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मनदिर का निर्माण हो उसमें कोई दुकिया नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मनदिर का निर्माण होगा श्री अमित शाह ने कांग्रेस पर इस मामले के शीघ्र निपटारे के रास्ते में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी सांसद और वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं देशमर से करीब बारह हजार प्रतिनिधि राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे आगामी आम चुनाव को देखते हुए पार्टी के इस अधिवेशन का विशेष महत्व है रेणुकाजी बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए केन्द्र और उत्तर प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली राजस्थान और उत्तराखंड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं नई दिल्ली में जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी और इन छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में कल इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए समझौते के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में यमुना नदी और इसकी दो सहायक नदियों टोन्स तथा गिरि पर तीन भण्डारण परियोजनाओं का निर्माण किया जायेगा इन परियोजनाओं का अधिकांश खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रेणुकाजी बांध परियोजना से खासतौर से राजस्थान और दिल्ली की पेयजल की समस्या हल हो जायेगी और राज्यों के बीच जल विवाद भी समाप्त हो जाएगा पेयजल की जो समस्या है विशेष रूप से राजस्थान और दिल्ली इनके लिए बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी

देरी से क्यों न हो सभी राज्य सरकार के सहयोग से एक अच्छी एचीकमेंट आज हुई है केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो को दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला संविधान संशोधन विघेयक संविधान के मुल ढांचे के विरूद्व नहीं है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण शीर्षक से लिखे अपने फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने इसे गरीबी उन्मूलन और सामान्य वर्ग के गरीबों के हित में सबसे बड़ा कदम बताया है श्री जेटली ने कांग्रेस पर इस मामले में झूठी तसल्ली देने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को उसने मन से समर्थन नहीं दिया श्री जेटली ने मूल संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक सामाजिक या आर्थिक आधार पर सभी के लिए सरकार द्वारा समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करने का उल्लेख किया है

श्री योगी ने राज्य में प्राकृतिक गैस पर अतिरिक्त वैट लगाये जाने की वजह से यूरिया की कीमत में हुई वृद्वि के मद्देनजर इस कर को वापस लेने का फैसला किया है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि इस फैसले से अब यूरिया की पैंतालिस किलोग्राम की बोरी दो सौ छाछठ रूपये पचास पैसे और पचास किलाग्राम की बोरी दो सौ पन्चानबे रूपये में किसानों को मिलेगी किसानों की आमदनी दो हज़ार इक्कीस तक दोगुनी करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है पिछले कई वर्षो से राज्य के किसान अन्य राज्यों की दरों पर यूरिया मुहैया कराने की मांग भी कर रहे थे केन्द्र सरकार प्रदेश के बौद्व स्थलों सारनाथ और कुशीनगर के विकास और इन स्थानों पर पर्यटन सुविघाओं को विस्तार देने के लिये विशेष रूप से प्रयास कर रही है इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में स्वदेश योजना के तहत सारनाथ के विकास के लिये विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को प्रस्तावित लगभग चौवन करोड़ रूपये की परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा परियोजनाओं में सारनाथ के धम्मचक्र स्थल के ऐतिहासिक वृक्ष को संरक्षित करने के साथ साथ सड़क और ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जायेगा इसके अलावा ध्यान केन्द्र भी बनाया जायेगा बौद्ध सर्किट में कुशीनगर कपिलवस्तु कौशाम्बी सारनाथ श्रावस्ती और फुर्रुखाबाद का संकिसा शामिल है

तीन दिन के इस आयोजन में दुनिया भर से भारतीय मूल की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह ने नई दिल्ली में बताया कि समारोह के पहले दिन युवाओं से संबंधित कार्यक्रम होंगे उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में सात सत्र होंगे भारत सरकार विदशों में बसे भारतीयों को फिर से अपनी जड़ों से जोड़ने के प्रयासों के तहत प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस साल सम्पन्न होने वाले लोकसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दो हजार चौदह से भी बढ़ी जीत हासिल करेगी आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में श्री मौर्य ने कहा कि दो हजार उन्नीस का आम चुनाव जातिवाद के मुद्दे पर न होकर राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे पर लड़ा जायेगा प्रदेश के प्रयागराज में पन्द्रह जनवरी से शुरू होने वाले कुम्म मेला दो हजार उन्नीस की सभी तैयारियां जोरो पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का कई बार दौरा किया और कुम्म मेले की तैयारियों की समीक्षा की हमारे संवाददाता ने बताया है कि दुनियामर से लाखों लोगों के प्रयागराज पहुंचने की संभावना है इस बार का कुम्भ अपनी तरह का अनूठा आयोजन होगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नायक ने कुंच का दौता किया और कलाप्राम का उद्घाटन किया यहां देश के विभिन्न हिस्सों के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तृतियां देंगे

यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यह क्षेत्र स्पेक्ट्रम विमाजित किया गया है जहां सेक्टर मजिस्ट्रेट स्थिति पर नजर रखेंगे प्रयागराज में तीर्थयात्रियों की सुकिया के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने छह हजार लंबे रूट की बसे चलाने की योजना बनाई है और पांच सौ सिटी बसें यहां पहले ही चालू कर दी गई है मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ खेलो इंडिया युवा खेलों के कल तीसरे दिन भारोत्तोलन में अंडर सेवेन्टीन वर्ग में पचपन किलोग्राम की श्रेणी में प्रदेश की सृष्टि ने स्वर्ण पदक हासिल किया तेलंगाना के धनुष श्रीकांत ने पुरुषों के अंडर ट्वन्टी वन वर्ग की दस मीटर एयर राइफल स्पर्घा में स्वर्ण पदक हासिल किया